भोपाल मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कल

दोनों पायलट सुरक्षित

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज भोपाल में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय निकाय एक्ट में किये गये इस बदलाव पर मुहर लगाई गई इससे पहले तक जनता सीधे महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष को चुनती थी बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि परिसीमन का काम चुनाव से दो महीने पहले पूरा कर लिया जाएगा श्री शर्मा ने बताया कि किसी भी पार्षद ने अगर वित्त या अपराध संबंधी जानकारी गलत दी या छिपाई तो ऐसे मामलों में अब छह महीने की सजा और पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना मुकर्रर किया गया है वहीं कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में साढे छह सौ पद खत्म करने का निर्णय लिया है हालांकि भविष्य में जो भी कंपनी बनेगी उनमें इन्हीं लोगों में से भर्ती की जायेगी उधर सरकार के नगरीय निकाय अधिनियम में बदलाव के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि इससे जोड़ तोड़ और पार्षदों की खरीद फरोख्त को बल मिलेगा

छह हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ चालीस लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना में लगभग अट्ठाइस किलोमीटर लंबाई के दो कॉरीडोर बनाये जायेंगे एक कॉरीडोर करोंद से एम्स तक और दुसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहे तक बनाया जायेगा हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मैट्रो का दायरा बढाकर मण्डीदीप और एयरपोर्ट तक करने की बात कही थी बालियान विदिशा में केन्द्रीय पशुधन एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री डाक्टर संजीव बालियान ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर हटाये जाने के केन्द्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि कश्मीर में अब विकासकार्य रफ्तार पकडेगें डाक्टर बालियान यहां आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान एक राष्ट्र एक संविधान कार्यक्रम में बोल रहे थे अपने मंत्रालय से जुडे एक सवाल का जवाब देते हुए डाक्टर बालियान ने बताया कि सरकार अगले पांच वर्ष में गौवंश को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है बैंक सोशल मीडिया वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैली उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को बंद करने जा रहा है एक टवीट में वित्त सचिव राजीव कमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक को बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह भरोसे का सवाल है उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबृत करने के लिए बैंकों में पूजी डालने जैसे कई उपाय कर रही है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाए उपलब्ध हो सकें गडकरी खादी केन्द्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने खादी डिजाइन को आकर्षक अत्याधुनिक और वैश्विक ब्रैंड बनाने पर जोर दिया है नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पादे विकास केन्द्र पर विचार विमर्श में गडकरी ने कहा कि बाजार की मांग के अनुसार नये डिजाइन से उत्पाद तैयार करने चाहिए जो ग्राहकों का विश्वास जीत सके

एक ट्वीट में रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने उन पायलटों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली जो दुर्घटना के दौरान विमान से बाहर निकलने में सफल हुए थे गौरतलब है कि गोहद के पास चौधरी को पुरा गांव में आज सुबह दस बजे यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इस विमान ने वायुसेना के ग्वालियर एयरबेस से नियमित अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी गांधी विमर्श पत्र सूचना कार्यालय भोपाल समागम पत्रिका और पीआरएसआई भोपाल चैप्टर द्वारा आज पीआईबी सभागार में संयुक्त रूप से आयोजित सामाजिक सरोकार एवं महात्मा की दृष्टि विषय पर एक दिवसीय विमर्श को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध रचनाकार डाक्टर विजय बहादुर सिंह ने कहा कि हमें अपनी भाषा का सम्मान सदैव कायम रखना चाहिये महात्मा गॉधी से लेकर उस दौर के तमाम चिन्तकों ने अपनी भाषा और संस्कृति के महत्व पर खास ध्यान दिया था

कार्यक्रम में रोजगार और निर्माण के संपादक पुष्पेन्द्र पाल सिंह शोध पत्रिका समागम के संपादक मनोज कमार और पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशान्त पाठराबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी विद्यार्थी और मीडियाकर्मी मौजूद थे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्वांजलि देते हुए उन्हें महानतम व्यक्तियों में से एक बताया अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित लोगों की सेवा ही दीनदयाल उपाध्याय का संदेश था इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रवादी चिंतक मानवतावाद और अंत्योदय का अग्रणी नेता बताया डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अब डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दिये जाएंगे आदिम जाति कल्याण विभाग की इस योजना को लोकसेवा गारंटी कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है लोक सेवा अभिकरण ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने चार हजार छात्रावासों में विद्यार्थियों का प्रोफाइल पंजीकरण करने के लिये टेबलेट उपलब्ध कराये हैं मौसम राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आज शाम ठण्डी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई मौसम केन्द्र के अनुसार मानसून का प्रभाव लगभग समाप्ति की ओर है लेकिन वातावरण में उपस्थित नमी और कम दवाब के क्षेत्र के बनने से स्थानीय बादलों से कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान श्योपुर जिले में भारी बारिश हुई वहीं उमरिया सहित कई जिलों में दिन भर बादल छाये रहे छिटपुट बारिश हई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है